चुनाव परिणाम चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के नतीजे कल रविवार को घोषित कर दिये गए

लेकिन तृणमूलकांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीटी से हार गई हैं उधर केरल में वामपंथी दलों के मुखिया पीवी जैन सत्ता बचाने में कामयाब रहे वामदलों का एलडीएफ गठबंधन लगातार दूसरी बार केरल में सरकार बनाएगा

केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही मप्र उपचुनाव दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी अजय टंडन विजयी रहे

मतगणना के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर राकेश सिंह मरकाम ने कांग्रेसी प्रत्याशी अजय टंडन को प्रमाण पत्र प्रदान किया

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तुलना में रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हो रही है

कल रात अमरीका से एक और विमान एक हज़ार ऑक्सीजन सिलेंडर रेग्य्लेटर और अन्य ज़रुरी सामान लेकर भारत पहुंचा इससे इलाज़ के लिए देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है कल रात उज़्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान भारत पहुंचा

विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए अमरीका और उज़्बेकिस्तान की सरकारों को धन्यवाद दिया है

जर्मनी अगले सप्ताह एक सचल मोबाइल उत्पादन और फिलिंग संयंत्र भारत भेजेगा

सूत्रो के अन्सार रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल दवाइयों की भी एक खेप जर्मनी से आनी है जर्मन एजेंसी भारतीय तकनीकी दल के साथ मिलकर वायरस सीक्वेंसिंग पर एक वेबिनार का आयोजन करेगी इसके अलावा जर्मनी की निजी कंपनियों से भी खरीदारी की जा रही है

ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन जर्मनी की अल्बाट्रॉस कंपनी से चार ऑक्सीजन टैंक ख़रीद रहा है निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के मद्देनजर मतगणना वाले राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विजय जूल्सों को रोकने के लिए त्रंत कदम उठाएं जिन राज्यों में मतगणना जारी है वहां पार्टी की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों के इकट्ठे होने की वहां की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है आईपीएल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को सात विकेट से हरा दिया

मयंक अग्रवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

आज अहमदाबाद में शाम साढे सात बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चौंलेजर्स बंगलौर के बीच मुकाबला होगा

मतगणना रात भर जारी रही परिणाम आज दोपहर तक घोषित हो जाने की आशा है